वे आज शिमला में गौसदन व गौ अभ्यारण्य योजना को सहायता की शुरूआत और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दूसरे चरण के शुभारम्भ पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के दूसरे चरण में मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जाएगी इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी इस दौरान पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य में गौ अभ्यारण्य की क्षमता में वृद्धि के लिए भी प्रयास किए जाएंगे

कोरोना स्मार्टफोन केंद्र सरकार ने राज्यों को अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिजनों से बातचीत कर सकें इससे मरीज़ों को मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी दिशा निर्देश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं

इस अवसर पर बहनों ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लम्बी उम्र की कामना की इस दौरान भाईयों ने बहनों को उपहार भी भेंट किए इधर राजभवन शिमला में समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुखद जीवन की कामना की राज्यपाल ने कहा कि ये त्योहार हमें प्रेम भाईचारे और सदभाव का संदेश देता है दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कलाई पर राखियां बांधीं शिलान्यास केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल सिरमौर ज़िले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज बिलासपुर के घुमारवीं में विभिन्न पंचायतों का दौरा किया उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता अनुसार विकास कार्य किए जाएंगे और पहले से चल रहे कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके सभी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है उन्होंने कहा कि विभाग में करीब डेढ़ हजार कर्मी अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत पर भी बल दिया समिति कांगड़ा ज़िला प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए तीन स्तरीय निगरानी समिति गठित की है उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी उन्होंने कहा कि निगरानी के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं प्रसारण विश्व संस्कृत दिवस पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा प्रसारित किया गया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृ त में अपने विशेष संदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया

उपायुक्त अमित कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि कोरोना संकट के चलते अधिक से अधिक लोगों को अभियान में शामिल करने के लिए वर्चुअल तकनीक का सहारा लिया जाएगा